दो सौ सतासी मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से दी गयी छुट्टी

राज्य के तीन जिले वैशाली गया और मधेपुरा कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं इन जिलों के सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़कर अब अड़तालीस से अधिक हो गया है यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से सत्रह प्रतिशत से अधिक है संक्रमित लोगों में से दो सौ सतासी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं वहीं संक्रमण से राज्य में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है इधर आज खगड़िया सुपौल और सहरसा जिले में कोविड उन्नीस के नये मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश के छत्तीस जिले संक्रमण की चपेट में आ गये हैं वहीं राजधानी पटना में बिहार सैन्य पुलिस के पांच जवान के साथ ही खगड़िया में चार नवादा पूर्वी चंपारण भागलपुर बांका नालंदा और बेगूसराय में एक एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ उन्यासी हो गई है इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण की औचक जांच शुरू हो गई है इसकी शुरूआत रेड जोन से आने वाले लोगों से की जा रही है देश में कोविड उन्नीस से अब तक कुल सोलह हजार पांच सौ चालीस रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के दो सौ सोलह जिलों में अब तक संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया

हमारा एफर्ट हैं कि हम फील्ड पर कन्टेन्मेन्ट और फिजिकल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए इन जिले की संख्याओं को बढ़ायें

इनमें से एक हजार आठ सौ छियासी रोगियों की मृत्यु हुई है सैंतीस हजार नौ सौ सोलह लोगों का इलाज चल रहा है

इस तरीके से हम देखते हैं कि क्यौर पेशेन्ट्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है

यानि कि अब तक हॉस्पिटलाइजड हुए पेशेन्ट्स में से लगभग हर तीन में से एक पेशेन्ट रिकवर क्यौर हो चुका है और यह रिकवरी रेट जैसे कि हम बताते रहे हैं लगातार बढ़ रहा है अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से लौटने वाले लोगों या उनके संपर्क में आये लोगों अथवा संदिग्ध मामलों या संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों को होटलों सर्विस अपार्टमेंट्स और लॉज जैसे निजी केंद्रों में आइसोलेट करने या क्वारंटीन करने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये हैं अपने मूल राज्यों में लौट रहे श्रमिकों के लिए यह आवश्यक है कि संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन के बारे में सभी दिशा निर्देशों और सावधानियों का पालन किया जाए श्री अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान संक्रमित लोगों में वृद्धि हुई है इसलिए इस पर नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता है अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने पांच हजार दो सौ इकतीस डिब्बों को कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया है जो चिन्हित किये गये दो सौ पंद्रह रेलवे स्टेशनों पर खडे किए जाएंगे डिब्बे के एक केबिन में अधिकतम दो रोगी रखे जाएंगे पचासी स्टेशनों पर स्वास्थ्यकर्मी की तैनाती रेलवे करेगी जबकि एक सौ तीस स्टेशनों पर राज्य सरकारें स्वास्थ्य कर्मी और आवश्यक दवाई उपलब्ध करायेंगी

इधर गृह मंत्रालय की एक अधिकारी ने कहा है कि रेलवे अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों के आवागमन के लिए दो सौ बाईस श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है साउंड बाईट देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों छात्रों श्रद्धालुओं पर्यटक आदि के लिये बस एवं ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है

जानेमाने चिकित्सक डॉ संजय पांडेय ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि कोरोना से देश में मृत्यु दर काफी कम है और लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है साउंड बाईट कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो पास के जो भी अस्पताल हैं वहां मिलें अपनी जांच कराएं और जांच कराने पर अगर कोरोना आता भी है तो उससे कोई पैनिक या बहत ज्यादा घबराने की बात नहीं है

केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और दाल उपलब्ध कराने की एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है उन्होंने कहा कि सरकार यह सूनिश्चित कर रही है कि सभी राज्यों में जरूरत के अनुसार वितरण के लिए अनाज उपलब्ध रहें श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग चौहत्तर लाख टन अनाज है जो चौबीस मार्च से अब तक की अवधि के लिए एक रिकॉर्ड है उन्होंने यह भी कहा कि योजना के तहत इकतालीस करोड़ पैंतीस लाख लाभार्थियों को अप्रैल महीने के लिए इक्कीस राज्य नब्बे प्रतिशत से अधिक का वितरण कर चुके हैं अनाज के अलावा सरकार लगभग उन्नीस करोड़ पचास लाख परिवारों को तीन महीने के लिए एक किलो दाल भी मुफ्त दे रही है श्री पासवान ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत पांच राज्यों बिहार उत्तर प्रदेश पंजाब हिमाचल प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव को राष्ट्रीय क्लस्टर से जूड़ने को कहा गया है प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत एक किलो दाल भी जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से लोगों को दी जा रही है एफसीआई के बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक संदीप कुमार पाण्डेय ने बताया कि पटना जिले को नौ हजार तेईस क्विंटल दाल का आवंटन किया गया है जिसे लगभग नौ लाख परिवारों के बीच वितरित किया जायेगा महाप्रबंधक ने बताया कि इसी प्रकार भोजपुर जिले के लिये सैंतीस सौ क्विंटल और अरवल के लिये नौ सौ अठासी क्विंटल दाल का आवंटन किया गया है उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक उनहत्तर लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठाव पीडीएस दुकानदार कर चुके हैं विभिन्न राज्यों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों को लेकर आज बारह ट्रेनें राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेंगी इनमें से रोहतक से कटिहार सूरत से गया दिल्ली और जालंधर से मुजफ्फरपुर सूरत से छपरा समेत अन्य स्टेशनों पर ट्रेंने पहुंच रही हैं वहीं देश के कई राज्यों से बयासी हजार पांच सौ चौवन प्रवासी कामगारों विद्यार्थियों और अन्य लोगों को सत्तर श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से बिहार लाया गया है इनमें राजस्थान के कोटा से ग्यारह विशेष रेलगाडियों से लाये गये तेरह हजार से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हैं देशभर से बिहार के प्रवासी कामगारों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार के लिए एक सौ चौंतीस रेलगाड़ियां मंजूर की हैं वहीं गुजरात के गोधरा से बारह सौ बीस श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंची है जहां उनकी जांच और स्क्रीनिंग की गयी इस राज्य से सबसे अधिक छब्बीस ट्रेन से कामगार वापस आयेंगे जिनमें से सोलह अब तक आ चुकी है तेईस ट्रेनों के साथ हरियाणा दूसरे नम्बर पर है जबकि कर्नाटक से नौ नई ट्रेनों को मंजूरी मिली है पश्चिम बंगाल की सरकार ने श्रमिकों की संख्या अधिक नहीं होने के कारण बसों से बिहार के कामगारों को राज्य में भेजा है और राज्य में रह रहे बंगाल के लोगों को लेकर बसें वापस हो गयीं राज्य में जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य से बाहर जाने वाले गैर बिहारी नागरिकों के संबंधित राज्य के अधिकारियों से बात कर उन्हें भेजने की व्यवस्था करें इधर दूसरे देशों से भी दो हजार पचहत्तर लोगों ने बिहार लौटने के लिए पंजीकरण कराया है इनमें उक्रेन से छह सौ बत्तीस बंगलादेश से चार सौ अस्सी और ओमान से तीन सौ साठ लोगों के पंजीकरण शामिल हैं श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि सरकार लॉकडाउन के कारण उद्योगों और मजदूरों को होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए हरसंभव कदम उठायेगी श्री गंगवार ने कोविड उन्नीस के दौरान श्रमिकों की समस्याओं को कम करने के लिए अपने मंत्रालय द्वारा उठाये गये विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी इनमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधानों में छूट और पूरे देश में नियंत्रण कक्ष तथा हेल्पलाइन स्थापित करना शामिल हैं लॉकडाउन की अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सहायता से लोगों का जीवन आसान हुआ है

सरकार द्वारा फ्री वाला अनाज वह सब भी मिल गया

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दसवीं और बारहवीं के बोर्ड की स्थगित परीक्षाएं एक से पंद्रह जुलाई के बीच लेगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी वीडियो संदेश से दिया है श्री निशंक ने कहा है कि उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा के कारण परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके विद्यार्थियों की दसवीं कक्षा की परीक्षा भी कराई जाएगी इस बारे में सीबीएसई जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा राज्य में कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये अस्थायी जेलों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है गृह विभाग ने जिलों को भेजे पत्र में अस्थायी जेल के प्रस्ताव पर जानकारी मांगी है जिससे नये कैदियों को इन जेलों में रखा जा सके दो माह के लिए जिलों में स्थित केंद्रीय मंडल और उपकारा के अतिरिक्त अस्थाई कारा भी कार्यरत रहेगा जेल महानिरीक्षक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि नए बंदियों के आने से संक्रमण की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में अस्थाई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है राज्य में सेनेटाइजर का निर्माण वृहत पैमाने पर किया जायेगा इसके लिये स्वास्थ्य विभाग ने दस कंपनियों को लाइसेंस दिया है विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके पहले राज्य में सेनेटाइजर का निर्माण नहीं किया जाता था राज्य में शिशु मृत्यू दर राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा सेवा के लिये यह एक बड़ी उपलब्धि है उन्होंने कहा कि नवजात शिश् देखरेख के प्रयासों और टीकाकरण के कारण यह उपलब्धि हासिल हुयी है भागलपूर जिले के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में बिना सूचना दिये ड्यूटी से गायब रहने वाले सतासी पीजी चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया अस्पताल अधीक्षक डॉ रामचरित्र मंडल ने बताया कि इन चिकित्सकों पर बिना सूचना के गायब रहने का आरोप है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे में मारे गये सोलह कामगारों की खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है मालगाड़ी से कटकर सोलह प्रवासी मजदूरों की मौत दैनिक जागरण की बड़ी खबर है राजधानी में खुले बाजार पहले ही दिन हुआ पांच करोड़ रूपये का कारोबार दैनिक भास्कर ने प्रवासी श्रमिकों पर लिखा है बिहार लौटने की मारामारी के बीच बीस हजार बिहारियों को तेलंगाना ने बुलाया प्रभात खबर लिखता है लॉकडाउन में निवेश का च्वाईस बन रहा गोल्ड बाँड या ईपीएफ दैनिक आज की बड़ी खबर है भारतीय वायुसेना का मिग उनतीस क्रैश

स्वस्थ होने की दर अड़तालीस प्रतिशत से अधिक पर पहुंची दो सौ सतासी मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से दी गयी छुट्टी